इस बीच परिषद सरकारी और निर्जी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच सुविधाओं में निरंतर बढोतरी कर रही है

सीकर से एक श्रमिक स्पेशल रेलगाडी पश्चिमी बंगाल के हावडा के लिए रवाना की गई

रेलगाड़ी में बैठने से पहले श्रमिकों की स्कीनिंग की गई इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था एक स्वयं सेवी संस्था की गई

रोडवेज के डिपो मैनेजर और तहसीलदार ने इन श्रमिकों को खाने के पैकेट दिए

यह अपील यात्रा के दौरान हई कुछ मौतों को देखते हए की गई है

अब से कुछ देर बाद जयपुर से दो बसे रवाना होंगी

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा द्वारा भी आगामी दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएगे

उन्होंने बताया कि भीड़ वाला या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा तथा आम जनता तक सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को वर्चुअल तरीके से पहुंचाया जाएगा

उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एफसीआई से कहा है कि वह राज्यों से अनाज लेने का कार्य शीघ्र पूरा करे

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कोर ग्रप तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा बीएलओ के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है प्रवासी विशेष श्रेणी के व्यक्ति या परिवार ई मित्र मोबाइल एप या ई मित्र कियोस्क पर जाकर स्वयं अपना पंजीयन कर सकते हैं

उन्होंने बताया कि विशेष श्रेणी के परिवारों के सर्वे के लिए जन आधार के डेटाबेस को काम में लिया जाएगा

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है

देवली विधायक हरीश चंद मीणा के प्रयासों के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने नियुक्ति की सूची जारी की है स्वास्थ्य केन्द्रों पर एएनएम की नियुक्ति से अब रोगियों को इलाज में राहत मिलेगी